केन्द्रीय इस्पात मंत्री चौधरी बीरेन्द्र सिंह ने आज सक्रिय राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा की

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी कश्मीरी पंडितों को कश्मीर में उनके पैतृक घरों में दोबारा बसाने के लिये वचनबदव है कथुआ में आज एक रैली को सम्बोधित करते हये श्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस की नीतियों के कारण ही कशमीरी पंडितों को घाटी छोड़कर स्थानातंरण करना पड़ा प्रधानमंत्री ने कहा कि कांगेस पार्टी के साथ साथ पीडीपी और नैशनल कांफ्रेस दवारा जारी घोषणा पत्रो से उनके देश विरोधी रवैया उजागर हो गया है उन्होंने दोष लगया कि जम्मू कशमीर के दो राजनीतिक परिवारों की तीन पृश्ते ही जम्मू कश्मीर पर राज्य करती आई है बाबा भीम राव अम्बेडकर का उल्लेख करते हये श्री मोदी ने कहा कि वंशवाद के विरूदव आवाज़ उठाकर ही लोग डा अमबेडकर को सच्ची श्रद्वाजंलि दे सकते है केन्द्रीय इस्पात मंत्री चौधरी बीरेन्द्र सिंह ने आज सक्रिय राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा करते हृए केन्द्रीय मंत्रिपरिषद और राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने की पेशकश की है श्री बीरेन्द्र सिंह का यह बयान उनके बेटे बजेन्द्र सिंह को हरियाणा की हिसार लोकसभा सीट से पार्टी का उम्मीदवार बनाए जाने के बाद आया है भारतीय जनता पार्टी की केन्द्रीय चुनाव मे हरियाणा के हिसार और रोहतक सीटों के लिये उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है हिसार से विजेन्द्र सिंह और रोहतक से अरविंद शर्मा को चुनाव मैदान उतारा है हमारे संवाददाता ने बताया कि बिजेन्द्र सिंह मौजूदा केन्द्रीय मंत्री चौधरी बीरेन्द्र सिंह के बेटे है और अरविंद शर्मा करनाल से सांसद रह च्के है

उधर कांग्रेस की केन्द्रीय चुनाव समिति ने हरियाणा के छ लोकसभा क्षेत्रों के लिये उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है कांग्रेस दवारा जारी सूची के अनुसार आरक्षित लोकसभा क्षेत्र अम्बाला से कुमारी शैलजा और सिरसा से अशोक तंवर को उम्मीदवार घोषित किया गया है जबकि लोकसभा हल्का रोहतक से मौजूदा सांसद दीपेन्द्र हडडा और भिवानी से श्रृति चौधरी को फिर से मैदान मे उतारा गया है पार्टी ने ग्रूग्राम से कप्तान अजय सिंह यादव और फरीदाबाद से ललित नागर को उम्मीदवार बनाया है उम्मीदवारों की घोषणा के साथ हरियाणा में पार्टी के चूनाव सरगर्मियां ओर तेज़ हो गई है कांग्रेस ने विरोधी पार्टी के नेताओं पर आयकर विभाग दवारा छापे मारे जाने पर प्रश्न चिन्ह लगाते हथे कहा कि जब च्नाव होने वाले है तो ऐसे छापे मारने के पीछे क्या कारण है नई दिल्ली में एक पत्रकारवार्ता मे वरिष्ठ कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी च्नावों पर बहत रूपया खर्च कर रही है भाजपा को इस खर्च का ब्यौरा लोगों के सामने रखाना चाहिए उन्होंने कहा कि राफेल हवाई सौदे मे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को राफेल के बारे प्रधानमंत्री श्री मोदी और फ्रांस के प्रधानमंत्री के बीच हुई बातचीत का पूरा ब्यौरा देना चाहिए लखनऊ रेल मंडल के अधीन आने वाले लखनऊ रायबरेली रेल मार्ग के मध्य मुरम्मत कार्य चलने से आज से लंबी द्री की कई रेलगाडियां रद्द रहेंगे

इसके अलावा जम्मू राजेन्द्र नगर एक्सप्रेस और राजेंद्र नगर ऐक्सप्रेस का रास्ता बदला गया है

पलवल के गांव ओरगांबाद में भारतय जनता पार्टी दवारा संकल्प रैली का आयोजन किया गया रैली में मुख्यमंत्री मनोहर लाल केन्द्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल ग्र्जर भी शामिल हये इस मौके पर हरियाणा लोक सेवा आयोग के पूर्व सदस्य डा हरेन्द्र पाल राणा द्वारा कांग्रेस पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल होने पर मुख्यमंत्री ने पार्टी का पटका पहनाया

उन्होनें कहा िक प्रधानमंत्री मोदी के कृशल नेतृत्व में भारत विश्व मे महाशक्ति के रूप में उभर रहा है उन्होने कहा कि सरकार ने लोक हित मे कई काम किये जिनहे देखते हये लोग फिर से पार्टी पर भरोसा जतायेंगे इस अवसर पर म्ख्यमंत्री मनोहर लाल व कृष्ण पाल गूर्जर ने संविधान निर्माता डा भीम राव अम्बेडकर की जयंती पर उनके चित्र पर प्ष्प माला अर्पित कर उनहें श्रद्वाजंलि दी यमुनानगर व जगाधरी मे स्थित डा अम्बेडकर भवनों में आयोजित कार्यक्रमों में डा अम्बेडकर के चित्र पर माल्य अर्पण किया गया

हरियाणा पंजाब और चंडीगढ़ में कई स्थानों पर रामनवमी का त्यौहार आज पूरी श्रदवा और धार्मिक उल्लास से मनाया जा रहा है आज के दिन मर्यादा प्रूषोतम भगवान राम इस धरा पर अवतरित हये थे अलग अगल स्थानों से मिली खबरों के अन्सार सुबह से लोग मंदिरों में जाकर भगवान राम की अराधना कर रहे है श्री रामायण के अखंड पाठ के भोग भी डाले जा रहे है और भंडारे भी लगाये गए है कल विभिन्न स्थानों पर भगवान राम के जीवन को दर्शाती शोभा यात्रा भी निकाली गई भिवानी में भी रामनवमी श्रद्वा व पंरपरागत उतसाह के साथ मनाई गई शहर के भोजा वाले मंदिर मे पूजा अर्चना के बाद अखंड भंडारा श्रू हआ और देवी दुर्गा के भोग के बाद श्रद्वालूओं में प्रसाद बांटा गया योगी वाला मंदिर और हनमान जोहड़ी मंदिर में भी पूजा अर्चना की गई हरियाणा पंजाब और चंडीगढ़ में बैसाखी का त्यौहार बड़े ध्रमधाम से मनाया जा रहा है

हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजीव रंजन ने कहा है कि लोकसभा आम च्नाव पूरी तरह निष्पक्ष व पारदर्शी तरीके से करवाया जाएगा राजीव रंजन कल हिसार में हिसार भिवानी सिरसा फतेहाबाद जींद व चरखी दादरी जिलों के चुनाव से जुड़े अधिकारियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे बैठक में उन्होंने लोकसभा आम च्नाव प्रबंधन की विस्तार से समीक्षा की और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए मृख्य चुनाव अधिकारी ने रंजन ने कहा कि इस बार लोकसभा आम चुनाव में आचार संहिता के उल्लंघन के मामलों पर त्वरित कार्रवाई के लिए शिकायत दर्ज करवाने के चार विकल्प मौजूद हैं

इस पर च्नाव संबंधी शिकायतें दी जा सकती हैं इसके अलावा वोटर हेल्पलाइन नामक एप बनाया गया है जिसे अपने मोबाइल में इंस्टॉल करके कोई भी व्यक्ति अनेक प्रकार की जानकारियां प्राप्त कर सकता है और शिकायत भी दर्ज करवा सकता है

इस एप पर शिकायतकर्ता फोटो व वीडियो भी अपलोड करता है जिससे सबूत भी मौके पर ही उपलब्ध हो जाते हैं और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करना आसान होता है

उन्होंने आमजन से आहवान किया कि वे चूनाव आचार संहिता से जुड़ी कोई भी शिकायत एक ही माध्यम से करें ताकि एक शिकायत के लिए कई टीमों को न लगाना पड़े उन्होंने कहा कि इस बार स्वीप गतिविधियों के प्रभाव के चलते पिछले ढाई महीने में रिकॉर्ड संख्या में नए वोट बने हैं कल एक दिन में ही बहत अधिक मतदाताओं के फार्म प्राप्त हुए हैं